इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

प्रधानमंत्री बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए कई बैठके की उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा देश के प्रम्ख चिकित्सकों और शीर्ष दवा कम्पनियों के बैठक की प्रधानमंत्री ने इस महामारी की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए और अधिक सतर्कता बरतने को कहा था

केंद्रीय गृह सचिव ने कल देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं दवारा औद्योगिक ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रतिबंधित करने के लिए लिखा था सेना का सहयोग प्रदेश में अब कोरोना संक्रमित रोगियों को सेना के अस्पतालों और आइसोलेशन केंद्रों में स्थान दिया जाएगा

सेना के अधिकारियों ने रोगियों की सम्चित देखभाल के लिए पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराने के लिए भी आश्वस्त किया आज मुख्यमंत्री से सुदर्शन चक्र कोर कमांडर अत्ल्य सोलंकी और ब्रिगेडियर आशुतोष शुक्ला ने भेट में यह जानकारी दी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी सेना से सहयोग के प्राप्त करने के संबंध में चर्चा की

इसे मिलाकर देश में संक्रमित लोगों की संख्या बढकर एक करोड पचास लाख से अधिक हो गई है

वहीं प्लिस अधीक्षक ने समस्त स्टाफ को मास्क वितरण किया

खंडवा में वन मंत्री डॉ क्वर विजय शाह ने एक बैठक में कहा कि मूंदी पंधाना खालवा और हरसूद में कोविड वार्ड की स्थापना शीघ्र ही की जायेगी शिवप्री जिले में मरीजों के परिजनों की मदद के लिए जिला चिकित्सालय में हैल्पडेस्क की स्थापना की गयी है एमआरआई मशीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग की मौजूदगी में चिकित्सा शिक्षा विभाग और वास्को टेली रेडियोलॉजी कम्पनी के मध्य एमओयू हुआ

इसमें इंदौर जबलप्र सागर दतिया शहडोल शिवप्री रतलाम विदिशा और खण्डवा मेडिकल कॉलेज शामिल हैं श्री सारंग ने आज कोविड केयर सेंटर होम आइसोलेशन ऑक्सीजन सहित दवाओं की स्थिति का आकलन किया रातीबड़ स्थित सागर पब्लिक स्कूल में कोविड केयर सेंटर बनाया गया है

इस सेंटर पर होम आइसोलेशन की व्यवस्था हो सकेगी

राशन वितरण के अंतर्गत पात्र परिवारों को माह अप्रैल मई एवं जून का राशन निश्ल्क एकम्श्त अप्रैल में प्रदान किया जाएगा जिन हितग्राहियों ने अप्रैल एवं मई का राशन प्राप्त कर लिया है उन्हें माह जून का राशन निश्ल्क प्रदान किया जाएगा वृद्वजनों और निशक्त हितग्राहियों को उचित मूल्य की द्कान से आशीर्वाद योजना के अंतर्गत राशन उनके घर तक नामित व्यक्ति द्वारा पहुँचाए जाने की व्यवस्था की गई है

इसके बाद कोविड योद्वाओं के लिए एक नई बीमा पॉलिसी प्रभावी होगी

आईपीएल आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई में चेन्नई स्पर किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा कल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को छह विकेट से हरा दिया

पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया कि इस तरह का डबल म्यूटेशन संक्रमण कई अन्य देशों में भी पाया गया है